और पटना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी के जरिये भी अब होगी सिंचाई

आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा कि गठबंधन के घटक दलों के बीच कोई समस्या नहीं है और सीटों के बंटवारे पर सम्मानजनक समझौता होगा उन्होंने कहा कि एनडीए विकास के मुद्दे पर चुनाव में उतरेगा श्री सिंह ने महागठबंधन को स्वार्थी दलों का गठबंधन बताते हुये कहा कि वहां सभी दल अपने राजनैतिक हितों को साधने के लिए हैं कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के नये अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में वे और राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे पार्टी की कार्य समिति की नई दिल्ली में बैठक में शामिल होने के बाद श्रीमती गांधी ने कहा कि उन दोनों का अध्यक्ष के चुनाव में रहना उचित नहीं है इसलिए वे बैठक से बाहर जा रहे हैं कार्य समिति की बैठक में पांच समितियों का गठन किया गया है जो अलग अलग विचार विमर्श कर पार्टी के नये अध्यक्ष के लिए अपनी राय देंगी अब बैठक रात के आठ बजे से एक बार फिर शुरू होगी वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में बिहार की आर्थिक विकास दर दस दशमलव पांच तीन प्रतिशत रही सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वार्षिक विकास दर में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश दूसरे और बिहार तीसरे स्थान पर है उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सूशील कुमार मोदी ने औसत विकास दर दस प्रतिशत से अधिक रहने पर ख्शी जतायी है उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन ढांचागत विकास और निवेश प्रोत्साहित करने की नीति के कारण विकास की गति बनी रही नरेन्द्र मोदी सरकार की किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता रही है आकाशवाणी से पिछले वर्ष मन की बात कार्यक्रम की बयालीसवीं कड़ी में विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के लिए देशभर में कृषि सुधार में काफी काम किया गया है बाईट किसानों को फसल की उचित कीमत मिले इसके लिए देश में एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम हो रहा है गांव की स्थानीय मंडियां होलसेल मार्केट और फिर ग्लोबल मार्केट से जुड़े इसका प्रयास हो रहा है

झारखंड से सटे गया जिले के बाराचट्टी के जंगल में सीआरपीएफ और नक्सलियों के मध्य हुई गोलीबारी में एक नक्सली मारा गया है गया के वरीय प्रलिस अधीक्षक राजीव मिश्र ने बताया कि मौके से एक इंसास राईफल समेत भारी मात्रा मे हथियार और कारतूस भी बरामद किये गये हैं इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहीं लखीसराय जिले के पीरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित लठियाकोल जंगल से प्रलिस ने कुख्यात नक्सली शंकर यादव को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली की दस से अधिक आपराधिक मामलों में पुलिस को तलाश थी पटना प्रक्षेत्र के पूलिस उप महानिरीक्षक राजेश कुमार ने सुल्तानगंज के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है आरोप है कि निलंबित थानाध्यक्ष ने छह वर्ष पुराने एक मामले में आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी शिवहर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में अंचल पुलिस निरीक्षक सुदामा राय को पद से हटा दिया है वहीं जिले के तीन थानाध्यक्ष सहित कई पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है वहीं गया के एसएसपी राजीव मिश्र ने तेरह थानाध्यक्षों का तबादला कर दिया है नवादा जिले में भी पांच थानाध्यक्षों और दो अंचल पुलिस निरीक्षक को लाईन हाजिर कर दिया गया है पटना जिले के नौबतप्र थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने तेईस लोगों को गिरफ्तार किया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने बताया कि मोहम्मदपुर गांव में एक विक्षिप्त की कुछ लोगों ने बच्चा चोर होने का आरोप लगाते हुए लाठी डंडे से जमकर पिटायी कर दी इस घटना में उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया पटना में अब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी के जरिए सिंचाई होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया उन्होंने कहा कि पटना के टाउन प्लानिंग के तहत निर्धारित हरित क्षेत्र में भी इस पानी का उपयोग किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना शहर के लिये यह प्रयोग यदि सफल होता है तो राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित अन्य शहरों में भी यह व्यवस्था अपनाई जायेगी भारत समेत दुनियाभर के लगभग बीस लाख हज यात्री आज सउदी अरब में हज करेंगे मिना में कल पांच दिन की जियारत की शुरूआत के समय जायरीन एकत्र हुए बड़े सवेरे नमाज के बाद वे आज अराफात के मैदान के लिए रवाना होंगे जहां हज की नमाज की प्रमुख रस्म अदा की जाती है आजादी के बाद पहली बार भारत से इस साल रिकॉर्ड दो लाख जायरीन हज पर गऐ हैं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों में पटना गया भागलप्र पूर्णियां और आस पास के इलाकों में बादल छाये रहेंगे तथा कहीं कहीं हल्की ब्रंदाबांदी के आसार हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान उत्तरी और सीमांचल के इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है रोसड़ा और ठाकुरगंज में तीन तीन सेंटीमीटर जबकि मुजफ्फरपुर और बीहपुर में दो दो सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पूलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अन्तर्गत बलथरी चेकपोस्ट के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक कंटेनर से चार सौ कार्टन शराब जब्त की गयी मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है इधर दरभंगा जिले के सिंहवारा थाना क्षेत्र के कटका गांव में पुलिस ने छापेमारी कर भूसे के ढेर के नीचे छुपाकर रखी गयी तिरपन कार्टन विदेशी शराब बरामद की है वहीं जिले के बाजितपुर सहायक थाना क्षेत्र के मऊ बेहट गांव से पुलिस ने एक वाहन से छह सौ एक बोतल शराब जब्त की है दूसरी तरफ मध्ुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर एक पिकअप वैन से आठ सौ इक्यानवे बोतल देसी शराब बरामद की है खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र से भी एक महिला शराब तस्कर की गिरफ्तारी हुई है पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रासबिहारी प्रसाद सिंह को नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है कुलाधिपति सह राज्यपाल फागु चौहान इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है शेखप्रा नगर थाना क्षेत्र से सटे चाडे गांव के महादलित टोला में डायरिया का प्रकोप फैल गया है डायरिया से एक बालिका की मौत की खबर है जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग प्रभावित है स्वास्थ्य विभाग की एक टीम प्रभाावित गांव में कैम्प कर रही है सारण जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घेघटा गांव के पास ट्रक और चार पहिया वाहन के बीच हुई टक्कर में एक युवक की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गए दरभंगा जिले में पतोर चौकी क्षेत्र के दरगाहपुर गांव में कमला नदी पार करने के दौरान पानी के तेज प्रवाह में आने से एक व्यक्ति डूब गया

शिवहर जिले के तरियानी थाने के औरा गांव में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं श्यामपुर भटहां थाने के माधोपुर सुंदर गांव निवासी एक युवक की नदी की पुरानी धार में डूबने से मृत्यु हो गई बकरीद और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर असामाजिक तत्वों के द्वारा गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर एहतियातन पूर्व रेलवे के मालदह मंडल के अन्तर्गत प्रदेश में आने वाले रेलवे स्टेशनों और लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है

और पटना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी के जरिये भी अब होगी सिंचाई